ये बात प्रधानमंत्री ने आज मध्यप्रदेश के रीवा में वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उदघाटन करते हए कहा देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का जिक्र करते हए श्री मोदी ने कहा कि भारत विकास के नये य्ग की ओर बढ़ रहा है हमारी आशाएं और आकांक्षाएं बढ़ रही हैं इसलिए ऊर्जा और बिजली की हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं इस स्थिति में बिजली के लिए स्वयं पर निर्भर होना आत्मनिर्भर भारत के लिए बहृत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ने कहा कि अक्षय ऊर्जा के बड़ी परियोजनाओं की श्रूआत कर हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं

ब्लेटिन के अन्सार चांगलांग जिले से मिले सात नए मामलों में से चार कर्नाटक से और एक एक बिहार उत्तर प्रदेश और असम से लौटा था वहीं लोअर सुबनसिरी से मिले पांच पॉजिटिव मामला कर्नाटक और बिहार से तथा लेपा राडा का मणिप्र से लौटा था

सभी नए मामले क्वारंटिन स्विधा केंद्र से मिली है और उन्हें कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है

भूस्खलन और बाढ़ से कई स्थानों पर यातायात बाधित हुआ है पाप्मपारे जिले में आज स्बह टिगड़ों गांव में चट्टाने खिसकने से चार व्यक्ति मलवे में दव गए वहीं ईटानगर और नाहरलगुन के बीच छह किलो के निकट मोदीरिजो में करीब साढ़े बारह बजे हई द्रसरी घटना में अन्य चार और लोग मलबे में दब गए अबतक मिली रिपोर्ट के अन्सार मलबे से तीन शवों को निकाला गया है जबकि एक की खोज जारी है मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भूस्खलन के कारण मारे गए लोगों के प्रति गहरा शोक और द्रख व्यक्त किया है उन्होंने तत्काल राहत के तौर पर पीड़ित परिजनों को चार चार लाख रुपए देने की घोषणा की श्री खांड् ने कहा कि भारतीय मौसम विभाग़ के अन्सार राज्यभर में अगले क्छ दिनों में और भारी वर्षा होने का अन्मान है उन्होंने प्रत्येक नागरिकों से सावधानियाँ बरतने और खतरे वाले इलाकों से दूर रहने का आग्रह किया म्ख्यमंत्री ने जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को बड़ी संख्या में जान माल के न्कसान से बचने के लिए कड़ी निगरानी रखने और लगातार स्थिति पर नजर रखने का निर्देश दिया इधर ईस्ट सियांग जिले में ग्रुवार को त्वरित कार्यबल के दल ने पासीघाट में सिबो कोरोंग नदी में आई बाढ़ से दो लोगों को बचा लिया है ईस्ट सियांग जिला प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वे मछली पकड़ने और तैरने के लिए सियांग नदी में न जाए निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सतर्क किया गया है

राजधानी जिला प्रशासन त्वरित कारवाई करते हए जे सी बी क्रेन जैसे विभिन्न मशीन को काम में लगाकर बचाव अभियान चलाया राजधानी जिला उपाय्क्त कोमकर द्लोम ने राजधानी क्षेत्र के लोगों से नदी किनारे और अन्य भूस्खलन जैसे खतरे वाले इलाकों में रहने से बचने की अपील की है उन्होंने लोगों से स्रक्षित स्थानों पर जाने की अपील करते हुए कहा कि अगले क्छ दिनों में भी और भारी वर्षा होने की आशंका है

इस प्रकार का क्षेत्र आधारित सर्वेक्षण पहले भी कराया जा च्का है कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी कि मई महीने में कराए गए सीरो सर्वेक्षण के अंतिम परिणाम प्रक्रियागत हैं इस सर्वेक्षण में मध्य अप्रैल में संक्रमण के फैलाव पर ध्यान केन्द्रित किया गया था अरुणाचल प्रदेश में राजधानी क्षेत्र ईटानगर में एलिसा द्वारा सेरो सर्वेलांस गत ब्धवार से श्रु हो गई है

पत्र सूचना ब्यूरो पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि सीबीएसई ने अब तक परीक्षा परिणामों की कोई तिथि घोषित नहीं की है